प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आशा व्यक्त की है कि संसद के दोनों सदनों में देश के विकास और नागरिकों को सशक्त बनाने के उपायों पर रचनात्मक चर्चा होगी प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक में आश्वासन दिया कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है उन्होंने कहा कि संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य अहम मुद्दों पर विचार विमर्श करना है

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में उन्हें पद की शपथ दिलाएंगे न्यायमूर्ति बोबडे न्यायमूर्ति रंजन गोगोई का स्थान लेंगे जो कल सेवानिवृत्त हो गए

मंत्रिमंडल बैठक प्रदेश मंत्रिमडल की बैठक आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र की अध्यक्षता में होगी समझा जाता है कि इस बैठक में विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तिथि तय करने के अलावा अन्य महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे

इसके तहत इन दिनों कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं कुल्लू ज़िला ग्रामीण विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी सुरजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि ज़िले की कई ग्राम पंचायतों में लोगों को नशा निवारण की शपथ दिलाई गई अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग ने हमीरपुर में निशुल्क स्वास्थ्य जांच व जागरूकता शिविर का आयोजन किया

मतदान प्रक्रिया खत्म होने के बाद मतगणना का कार्य शुरू हुआ जिसमें देर शाम तक कुछ प्रधानों व उपप्रधानों के नतीजे घोषित किए गए हैं जिला परिषद और बीडीसी पदों के मतों की गिनती आज की जा रही है मौसम प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम आमतौर पर साफ बना हुआ है और अच्छी ध्रप निकलने से मौसम सुहावना हो गया है हालांकि जनजातीय इलाकों में पिछले दिनों हुई बर्फबारी से कड़ाके की ठंड का प्रकोप बना हुआ है राजधानी शिमला व आसपास के क्षेत्रों में दिन की शुरूआत खिली धूप से हुई है

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है पटवारी परीक्षा पर अमर उजाला की सुर्खी है पटवारी परीक्षा में हंगामा नारेबाजी के बीच अभ्यर्थियों ने फाड़ी ओएमआर शीट पंजाब केसरी का शीर्षक है पटवारी परीक्षा में बद इंतज़ामी पर भड़के परीक्षार्थी केस दर्ज दैनिक जागरण के शब्द हैं विवादों में धिरी पटवारी भर्ती परीक्षा कांगड़ा के धीरा में प्रश्नपत्र वितरण में देरी पर हंगामा उत्तर पुस्तिकाएं फाड़ी दिव्य हिमाचल ने लिखा है पटवारी परीक्षा में अफरातफरी कई जगह दिखा क्प्रबंधन हिमाचल मंत्रिमण्डल की आज होने वाली बैठक पर दैनिक सवेरा टाइम्स का शीर्षक है पीआईए के गठन पर आज फैसला ले सकती है सूबे की जयराम सरकार पंजाब केसरी की सुर्खी है शीतकालीन सत्र के आयोजन पर लग सकती है मोहर हिमाचल दस्तक के शब्द हैं गैर हिमाचलियों की भर्ती रोकने पर आज फैसला लेगी कैबिनेट केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाक्र के बयान को दैनिक सवेरा टाइम्स ने शीर्षक दिया है आंकड़े दे रहे गवाई सही दिशा में जा रही है देश की अर्थव्यवस्था मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से आपका फैसला ने सुर्खी दी है कठिन परिश्रम व समर्पण का कोई विकल्प नहीं पत्रकार अपने प्रोफेशन में बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिये करें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन ड्रग्स से मुक्ति पाने वालों को रोजी रोटी देगी प्रदेश सरकार हिमाचल दस्तक की खबर है